कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

सिद्वार्थनगर में नेपाल से सटी भारत की सीमा को कल से ही सील कर दिया गया था शामली के कैराना में एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल ने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के विरुद्ध हर स्तर पर सभी के सहयोग समन्वय और पूरी मजबूती तथा दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा तभी इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और सफलता मिलेगी उन्होंने कहा कि लखनऊ प्रयागराज और वाराणसी में रिकवरी की दर में वृद्धि एक सुखद संकेत है उन्होंने कोविड प्रबन्धन की मण्डल स्तर पर बेहतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्रो ने आगरा प्रयागराज कानपुर गोरखपुर वाराणसी लखनऊ मेरठ सहारनपुर अलीगढ़ मुरादाबाद बरेली आजमगढ़ अयोध्या झांसी के मण्डलायुक्तों से संवाद कर उनके मण्डलों में कोरोना प्रबन्धन बचाव और उपचार के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी कमिशनरी के जिलों में कोविड बेड की संख्या में वृद्धि ऑक्सीजन सहित जीवन रक्षक दवाओं की अनवरत उपलब्धता की गहन समीक्षा करते हुए उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाये

यह बात आज लखनऊ में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनोत सहगल ने कही

श्री प्रसाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है

उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के लिये दरे निर्धारित कर दी गई है इससे अधिक लेने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी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

केन्द्र सरकार देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिये तेजी से प्रयासरत है सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा कार्यो के लिए ही किया जाये देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में नौ उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस सबंध में पत्र लिखा है श्री भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्धा कराने को कहा है तरल ऑक्सीजन का मौजूदा सारा भंडार भी सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे इसका चिकित्सा में प्रयोग किया जा सके श्री भल्ला ने कहा तरल ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में किसी उद्योग को कोई छूट नहीं दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि होम आइसोलेशन मरीजों से डॉक्टर सम्पर्क बनाये रखे और उन्हें दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जाती रहे

श्री सहगल ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के सभी निजी अस्पताल जिले के कोविड कंट्रोल सेन्टर को प्रतिदिन खाली बेडों की संख्या जरूर बताये

उन्होंने बताया कि जिन जिलों में संक्रमण की स्थितियां गंभीर है वहां बेडों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी की जा रही है उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है और अब अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों को अपना निजी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू करने के निर्देश दिय हैं

इस समस्या के निराकरण के लिये रेलवे आगे आया है अस्पताल में बेड न मिलने से परेशान कोरोना संक्रमित मरीजों को अब रेलवे अपने आइसोलेशन कोच में भर्ती करेगा

कोच में ऑक्सीजन व अन्य सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है जिला प्रशासन की संस्तुति के आधार पर आइसोलेशन कोच में मरीजों को भर्ती किया जाएगा

रजिस्ट्री कार्यालय में वकील दस्तावेज लेखक और स्टांप विक्रेता कोई काम नहीं करेंगे